केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद के दोनों सदनों में केन्द्रीय बजट पर बहस का उत्तर दिया सीतारमन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भरोसा है और सरकार ने इसको मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि भारत के प्रति विश्व का रूख सकारात्मक है जिसे बढ़ते निवेश से समझा जा सकता है

साथ ही जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है और चालू वित्त वर्ष के पिछले छह महीनों में यह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर चुका है वित्तमंत्री ने कहा कि औद्योगिक गतिविधि में दोबारा उछाल आया है

राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है सत्र में वित्तमंत्री तरूण भनोत अगले वित्तवर्ष का बजट पेश करेंगे सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जाने की संभावना है कैदी मताधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैदियों के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है न्यायमूर्ति डी एन पटेल और सी हरिशंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वोट डालना न तो मौलिक अधिकार है और न ही कोई सामान्य कानुन है बल्कि ये केवल एक साधारण नियम के तहत आता है पीठ का मानना था कि जनप्रतिनिधि कोनून के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन कुछ शर्तों के साथ याचिका में कहा गया है कि ये अधिकार कानून के अंतर्गत आता है और इसे छीना नहीं जा सकता एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश कें पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला लोकनत्य रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

उन्होंने आगरमालवा जिला मुख्यालय पर कल साढ़े छह करोड़ रूपये की लागत से नवीन आधुनिक स्टेडियम बनाने तथा चार करोड़ रूपये से मोतीसागर तालाब का सौन्दर्यीकरण करने के साथ ही रत्नसागर तालाब के जीर्णोद्वार के लिए भी राशि स्वीकृति की

समारोह में गोंड कला प्रदर्शनी गायन वादन लोक संगीत नृत्य कहानी पाठ फिल्म और नाटक पर केंद्रित प्रस्तुतियां होंगी